सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया

नई तबादला नीति के मुताबिक कल अट्ठाईस जून से बारह जुलाई तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण होंगे प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर द्वारा तबादले किए जा सकेंगे राज्य स्तर पर तबादले आगामी पन्द्रह जुलाई से चौदह अगस्त के बीच होंगे इस तबादले के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा

शिक्षकों सहायक शिक्षकों व प्रचार्यों का तबादला स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही लिया जायेगा वहीं राज्य सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि जिस कर्मचारी के सेवानिवृत्त में एक साल या उससे कम का वक्त रहेगा उन्हें गृह जिला में पदस्थ किया जाएगा

बैठक में बताया गया कि वर्ष दो हजार पांच में बनाए गए नियमों में बदलाव किया गया है अब प्राधिकरण के जरिए स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल जल संरक्षण पशु सेवाएं रोजगार मूलक योजनाएं तथा कौशल उन्नयन जैसे कार्य भी किए जा सकेंगे इनके माध्यम से हितग्राही मूलक और सामुदायिक योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा बैठक में सदस्यों ने नियमों में बदलाव का स्वागत किया और कहा कि इससे अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद मिलेगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण के अंतर्गत राशि के कार्यो से हितग्राही और समुदाय के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के तहत नये कार्यो को स्वीकृत करने के लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया जाएगा कलेक्टर अपने जिलों में जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर और बैठक लेकर प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव दस जुलाई तक प्राधिकरण को भेजना सुनिश्चित करें

अब व्यापारियों को अपने दुकान और स्थापना का केवल एक बार ही पंजीयन कराना होगा

श्रम विभाग के सचिव सुबोध सिंह ने बताया कि सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत द्वकान तथा स्थापनाओं के पंजीयन के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाने वाले नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है इससे अब छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों को उनके द्वकान अथवा स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा पंजीयन की नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी इससे नवीनीकरण के लिए लगने वाले राशि समय और उर्जा की बचत होगी उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना का प्रारूप जारी कर दिया गया है दावा आपत्ति के बाद जुलाई में अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी रेत उत्खनन रोक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धमतरी जिले में रेत उत्खनन के लिए जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल की युगल पीठ ने याचिकाकर्ता और शासन के पक्ष को सुनने के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राज्य पर्यावरण प्राधिकरण के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हुए रेत उत्खनन के लिए जारी आदेश को निरस्त कर दिया गौरतलब है कि नवागांव धमतरी निवासी विनीत बाफना ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी श्री बाफना ने अपनी याचिका में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए धमतरी जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा दिए गए रेत उत्खनन की अनुमति पर सवाल उठाया था

एसआईटी की टीम ने डॉक्टर गुप्ता से करीब एक घंटे तक पूछताछ की डॉक्टर गुप्ता ने एसआईटी की टीम को वॉइस सैम्पल देने से इंकार कर दिया डॉक्टर प्रनीत ग्रप्ता के वकील दिवाकर सिन्हा ने मीडिया को बताया कि एसआईटी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है ऐसे में वॉइस सैम्पल देने का कोई औचित्य नहीं है वहीं एसआईटी प्रमुख अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता को वाईस सैम्पल के लिए बुलाया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया श्री माहेश्वरी ने कहा कि अब वॉइस सैम्पल के लिए न्यायालय में आवेदन लगाया जाएगा उधर फोन टेपिंग मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता ने सुनवाई के लिए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू से एक महीने का समय मांगा है गौरतलब है कि आज ईओडब्ल्यू ने श्री गुप्ता को सुनवाई के लिए बुलाया था प्रधानमंत्री चुनाव सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों का आह्वान किया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर वार्ता में भाग ले ताकि समय और पैसे की बचत की जा सके जिसका इस्तेमाल विकास के लिए किया जा सकता है चुनाव सुधारों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मतदाता परिपक्व हैं और उनकी बुद्धिमतता को कम करके नहीं आंका जा सकता श्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर दे रहे थे प्रधानमंत्री ने विपक्ष से लोकसभा को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करने को कहा उन्होंने आयुष्मान भारत को गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्रांतिकारी योजना बताया मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनता से संवाद के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में आकाशवाणी से इस रविवार को अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार पद संभालने के बाद यह मन की बात कार्यक्रम की यह पहली कड़ी होगी प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को सवेरे ग्यारह बजे प्रसारित किया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनें तथा दूसरे लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें एक वीडियो संदेश में श्री जावडेकर ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाना है राज्यपाल थाना निरीक्षण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी पुलिस थानों में विद्यार्थी पुलिस समिति गठिन करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने सभी थानों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों का रजिस्टर संधारित करने को भी कहा है राज्यपाल ने कल राजधानी रायपुर के कोतवाली थाने का निरीक्षण किया इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर आनंद छाबड़ा पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख थाना प्रभारी और अधीनस्थ स्टॉफ से चर्चा करते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि पुलिस कर्मियों को अपनी छबि पर विशेष ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले पीड़ितों के साथ उचित व्यवहार हो साथ ही उनकी शिकायतों का त्वरित निराकरण हो इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए माओवादी म्ठभेड़ सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इस दौरान ग्राम मुरलीगुड़ा और अटकल के बीच जंगल में घात लगाए बैठे माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलों की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए बाद में इलाके की तलाशी के दौरान मारे गए माओवादी का शव बरामद किया गया साथ ही हथियार और भारी मात्रा में माओवादी सामग्रियां जब्त की गई मृत माओवादी पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था उधर इसी जिले के मराईगुड़ा थाना क्षेत्र के लिंगमपल्ली के पास माओवादियों ने जवानों के लिए राशन सामग्री ले जा रहे एक वाहन को आग के हवाले कर दिया वहीं कांकेर जिले के आमाबेड़ा धनोरा मार्ग पर सुरक्षा बलों द्वारा तीन किलो का आईईडी बरामद किया गया जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया सिक्का आरबीआई निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको को सलाह दी है कि वे तत्काल अपनी सभी शाखाओं को निर्देश दें कि वे सभी मूल्य वाले सिक्कों को स्वीकार करें रिजर्व बैंक को शिकायतें मिली थी कि विभिन्न बैंको की शाखाएं सिक्कों को स्वीकार नहीं कर रही है विश्व कप आईसीसी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला हो रहा है समाचार लिखे जाने तक भारत ने निर्धारित पचास ओवर में सात विकेट के नुकसान पर दो सौ अड़सठ रन बना कर वेस्टइंडीज को जीत के लिए दो सौ उनहत्तर रनों का लक्ष्य दिया है भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली सर्वाधिक बहत्तर रन बनाए वहीं महेन्द्र सिंह धोनी छप्पन रन पर नाबाद रहे संक्षिप्त समाचार रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केआर सोनवानी ने स्पष्ट किया है कि जिला चिकित्सालय में चमकी बुखार से पीड़ित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है और न ही जिले में कहीं कोई प्रकरण मिला है उत्तरप्रदेश के लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव में छत्तीसगढ़ के स्वर्ण प्रभा किस्म के आम को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए छत्तीसगढ़ के स्टॉल को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर द्वारा विभिन्न पदों के लिए चयन सूची जारी कर दी गई है संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा आगामी तीस जून को दो पालियों में आयोजित की जाएगी पहली पाली सुबह नौ से बारह बजे और दूसरी पाली दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होगी यह परीक्षा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बैरनबाजार में आयोजित की जाएगी